राज्य में पिछले दो दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आज कोरोना की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के साथ साथ अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे और ब्योरा हमारे संवाददाता से बाईट मुख्यमंत्री ने दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच सुनिश्चित करने के लिए रेलवे स्टेशन बस अड्डा और एयरपोर्ट पर विशेष व्यवस्था करने को कहा उन्होंने अधिकारियों से बाहर से आने वाले लोगों के यात्रा इतिहास की जानकारी रखने का भी निर्देश दिया श्री कुमार ने प्रतिदिन होने वाले कोरोना जांच में सत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर से कराने और इसकी रिपोर्ट चौबीस घंटे के अन्दर उपलब्ध कराने को कहा मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी पर्व त्योहार या आयोजन में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो और कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से धर्मेन्द्र कुमार राय मूख्यमंत्री ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के हर सम्भव उपाय करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया श्री कुमार ने स्पष्ट किया कि बिहार में कोरोना अभी वैसी स्थिति में नहीं है कि विद्यालयों को बंद किया जाए उन्होंने कहा कि अभी विद्यालय खुले रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई जारी रहेगी इधर शिवहर जिले में एक स्कूल में कोविड संक्रमण का मामला सामने आने पर प्रशासन ने स्कूल को छब्बीस मार्च तक बंद करने के निर्देश दिये हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि तरियानी छपरा प्रखंड के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में एक छात्र कोविड से संक्रमित पाया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि स्कूल को संक्रमण मुक्त करने के लिए सेनेटाईज किया जा रहा है सभी शिक्षकों की कोविड जांच के निर्देश दिये गये हैं जबकि बच्चे के सम्पर्क में आये अन्य लोगों का भी पता लगाने को कहा गया है प्रदेश में पिछले दो दिनों से कोविड के सक्रिय मामलों में बढ़ोतरी हुई है वर्तमान में चार सौ छत्तीस मरीजों का उपचार चल रहा है अभी मात्र तीन जिले बांका लखीसराय और शेखपुरा में ही कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल तीस जिलों से कोरोना के नब्बे नये मामले दर्ज किये गये इसमें सबसे अधिक पच्चीस मामले पटना से हैं

इनमें से चौदह लाख चौदह हजार छह सौ उनासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख इकहत्तर हजार पांच सौ उनतालीस लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक चार करोड़ तीस लाख तिरसठ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया है

क्योंकि ये हमारा स्पेशल फोकस ग्रुप है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जैसै जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी बहुत तेज होगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में लगाये जा रहे कोविड के दोनों टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इसकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए उन्होंने कहा कि ये टीके कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद लगाये जा रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड टीके के मामूली दुष्प्रभाव सामने आए हैं जिससे लोगों को घबराना नहीं चाहिए कोन्द्रीय मंत्री ने लोगों से अपनी बारी आने पर कोविड टीका अवश्य लगवाने की अपील की बाईट लगभग साढ़े तीन चार करोड़ लोगों को डोजिज लग गई हैं इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन्स के बारे में कोई अपने मन में किसी प्रकार का भ्रम न रखें और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग कराकर आप उस वैक्सीन को लीजिए अपने को सुरक्षित करिए अपने मित्रों को अपने परिवारजनों को समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीपीए ने अस्सी से अधिक दवाओं को मूल्य नियंत्रण के दायरे में शामिल किया है मूल्य नियंत्रण प्रणाली के अन्तर्गत दवाओं की अधिकतम कीमत तय की जाती है पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद मधुमेह रोधी दवाइयों में से कुल इक्यासी दवाओं के अधिकतम मूल्य तय कर दिये गये हैं इन्सुलिन के इंग्जैक्शन की खुदरा कीमत एक सौ छह रूपये पैंसठ पैसे होगी इस पर जीएसटी और अन्य प्रभार अलग से देने होंगे इसी तरह अन्य उपयोगी दवाओं की भी अधिकतम कीमत तय की गई है एनपीपीए के इस निर्णय से आम जनता को उचित मूल्य पर आवश्यक दवाएं मिल सकेंगी सोने के आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था एक जून से प्रभावी होगी भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सोने के आभूषणों की शुद्धता अब तीन ग्रेड में आंकी जायेगी इसमें बाईस कैरेट अठारह कैरेट और चौदह कैरेट के आभूषण शामिल होंगे मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जताया है मौसम वैज्ञानिक अभिषेक प्रकाश ने बताया कि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कल भी गरज के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं

आज विश्व गोरैया दिवस है गोरैया की संख्या में लगातार आ रही कमी के प्रति लोगों को जागरुक बनाने के उद्देश्य से वर्ष दो हजार दस से इस दिवस का आयोजन किया जाता है पक्षी प्रेमी मोहम्मद दिलावर द्वारा स्थापित नेचर फॉरएवर सोसाइटी ने गोरैया संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं प्रसिद्ध पत्रिका टाइम ने वर्ष दो हजार आठ में मोहम्मद दिलावर को पर्यावरण का नायक माना था कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग भवन निर्माण शैली में बदलाव तथा घरों में बगीचों के अभाव के कारण पिछले कुछ वर्षों में गोरैयों की संख्या तेजी से घटी है इसके लिए मोबाइल और टीवी टावरों से हो रहे विकिरण को भी उत्तरदायी माना जाता है इस अवसर पर गोरैया संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेशभर में कई चित्र प्रदर्शनी पोस्टर प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित किये गये बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल दो पालियों में आयोजित होगी केन्द्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा के कार्यक्रम में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव दे सकते हैं इसके अलावा माई जीओवी प्लेटफॉर्म और नरेन्द्र मोदी एप के जरिये भी लोग इस कार्यक्रम के लिए अपनी बात रख सकते हैं

प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के आदापुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत श्यामपुर बाजार से एसएसबी की इकहत्तरवीं बटालियन ने एक मोटरसाईकिल सवार तस्कर को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ की खेप बरामद की आरोपी से पूछताछ की जा रही है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में आज से टी ट्वेंटी बिहार क्रिकेट लीग बीसीएल शुरू हो गया है राज्यपाल फागू चौहान ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव सहित कई खेल हस्तियां मौजूद रही आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में पांच टीमें हिस्सा ले रही हैं आज खेले गये पहले मैच में अंगिका एवेंजर्स की टीम ने पटना पायलट्स को पराजित कर दिया

अररिया नगर परिषद के उपमुख्य पार्षद पद पर अकबरी खातून निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं दानापूर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की टीम ने हिमगिरी एक्सप्रेस से तीन कछुआ तस्करों को तिरसठ जिंदा कछुआ के साथ गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के समसा पंचायत की मुखिया हेमा मौर्य की हत्या के आरोपी जगदीश महतो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र अन्तर्गत ध्ररियाही गांव में अगलगी की घटना में लगभग एक दर्जन घर जलकर नष्ट हो गये

राज्य में पिछले दो दिनों में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ी